संसद का शीतकालीन सत्र आज स शुरू हो गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद के दोनों सदनों में देश क विकास और नागरिकों को सशक्त बनाने के उपायों पर रचनात्मक चर्चा होगी श्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक में आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अहम मुद्दों पर विचार विमर्श करना है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भाजपा संसदोय दल के साथ उनकी बैठक में व्यापक विचार विमर्श हुआ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस सत्र का उपयोग विभिन्न विकास मुद्दों पर विचार विमर्श और लोगों के जीवन में सुधार लाने में करेगी सत्र शुरू होने से पहले संवाददाताओ से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद में सदभावपूर्ण वातावरण में खुलकर चर्चा होनी चाहिए आशा करता हूं दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसके साथ कदम मिलाने का सामर्थ हम हमारी संसद में भी प्रकट करें हम सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा चाहते हैं बहस हो ये आवश्यक है वाद हो विवाद हो संवाद हो हर एक कोई अपनी बुद्धिशक्ति का प्रचुर मात्रा में उपयोग करें और संसद की चर्चा को समृद्ध बनाने में योगदान दें और उससे जो अमृत निकलता है वो देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम आता है

श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने का अवसर मिला

श्री मोदी ने कहा कि संसद में चर्चा रचनात्मक होनी चाहिए और सभी सदस्यों को चर्चा उपयोगी बनाने में सहयोग करना चाहिए

उन्होंने कहा कि वक्त और हालात बदलते गये और सांसदों ने भी उसी के अनुरूप खुद को बदला

ये अपने आप में समय व्यतीत हुआ है ऐसा नहीं है एक विचार यात्रा भी रही है जैसा आपने कहा कि कभी एक दिन ऐसा आया था कि जाते जाते उसी के बिल्कुल अलग सा नया बिल इस प्रकार से आया समय बदलता गया परिस्थितियां बदलती गईं और इस सदन ने बदली हुई परिस्थितियों को आत्मसात करते हुए अपने को ढालने का प्रयास किया मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए सदन के सभी सदस्य जिन्होंने तब तक काम किया बधाई के पात्र हैं श्री मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था की थी निचला सदन जमीन से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जबकि ऊपरी सदन दूर तक देखने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है राज्य सभा भारत की एकता में अनेकता का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आज इलेक्ट्रिक कार से संसद पहुंचे पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों का प्रयोग शुरू कर रही है क्योंकि ये प्रदूषण रहित हैं उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने की अपील की पर्यावरण का संकट सबके लिए है और सबको मिलकर काम करना है और इसलिए ये इलैक्ट्रीकल व्हीकल की मोदी सरकार की पहल बहुत महत्वपूर्ण है उसमें सरकार सब्सिडी देती है

और बहुत अच्छी है जीरो प्रदूषण होता है सरकार धीरे धीरे सभी वाहन री प्लेस करेगी इलैक्ट्रीकल व्हीकल से

न्यायमूर्ति बोबडे ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत्त हो गए

वे ऐतिहासिक अयोध्या फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे

केन्द्र सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष के गठन की आज घोषणा की

नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कृषि और पोषाहार के बीच तालमल की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सरकार ने कुपोषण रोकने पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता की दिशा में काफी काम किया है जाने माने समाजसेवी और माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व कुपोषण की समस्या झेल रहा है कुपोषण से निपटने में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री गेट्स ने कहा कि भारत के राष्ट्रीय पोषाहार मिशन से कुपोषण समाप्त करने के प्रयासों को और बल मिला है देश में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने भारत को पोषाहार की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए पांच सूत्री कार्य योजना का सुझाव दिया प्रदेश में पराली जलाये जाने की घटनाओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि शासन द्वारा पराली जलाये जाने को गंभीरता से लिया गया है सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिये गये हैं कि कृषि अवशेष जलाने की घटना को गंभीरता से लिया जाये

उधर हरदोई जनपद में पराली जलाने के विरूद्व चले अभियान में उन्तीस किसानों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया जिन पर एक लाख बारह हजार रूपये का जुर्माना किया गया वहीं छह किसानों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई प्रदूषण के मामले में किसानों को सचेत न करने के आरोप में लेखपालो पर भी कार्रवाई की जा रही है पीलीभीत जनपद में पराली जलाने के द्रष्प्रभावों के बारे में कृषकों को जागरूक किया गया

जनपद में इस मामले में लापरवाही बरतने के लिये छह लेखपालों को निलम्बित कर दिया गया इसके साथ एक पुलिस दरोगा और चार सिपाहियों से जवाब तलब किया गया है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान हुई विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये कुशीनगर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेतिमपुर टोल प्लाजा के पास बीती रात एक टूरिस्ट बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से पांच यात्रियों की मौत हो गई तथा तीस अन्य घायल हो गय गंभीर घायलों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है यह बस बिहार से राजस्थान जा रही थी उधर बलरामपुर में एक कार के खाई में पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गई और सात गंभीर रूप से घायल हो गये मुजफ्फर नगर में फुगाना थाना अन्तर्गत मेरठ करनाल हाईवे पर एक ट्रैक्टर और कार की आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है अमरोहा जनपद में जिलाधिकारी उमेश मिश्र और पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारम्भ कर लोगों को जागरूक किया जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में यातायात जागरूकता कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं मऊ महोबा और हमीरपुर में तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन कर सड़क सुरक्षा के नियमों के पालन का पाठ पढ़ाया गया